प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं है बल्कि जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी मालदीव और श्रीलंका के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटने पर कल शाम तिरूपति में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं देश के सुनहरे भविष्य को परिलक्षित करती हैं

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है

उप मुख्यमंत्री ने अपराधियों और माफियाओं के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी प्रशासनिक अधिकारियों को दिया समीक्षा बैठक में स्थानीय सांसद विजय दूबे और विधायकगण मौजूद थे

यह सम्मान राष्ट्रवादी सजकों और सनातन प्रज्ञा को अपने जीवन का पाथेय बना कर राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने वालों को दिया जाता है श्री दीक्षित को यह सम्मान आगामी बाईस जून को कोलकाता में आयोजित एक समारोह में वहां के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी और प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की मौजूदगी में प्रदान किया जायेगा भारत ने विकासशील देशों में रोजगार सृजन और आय बढ़ाने के माध्यम के रूप में सूक्ष्म लघु और मझोले उपक्रमों को बढ़ावा देने की वकालत की है

उन्होंने कहा कि विकासशील देशों में रोजगार सूजन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना जरुरी है

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि फेसबुक गूगल और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां जिनकी भारत में उपस्थिति बहत कम है उनके मुनाफे पर टैक्स लगाना संभव नहीं है इसीलिए सरकार ने इन कंपनियों को भारतीय फर्मो द्वारा किए गए भुगतान के स्रोत पर टैक्स लगाने की प्रणाली शुरु की

इसका उद्देश्य भारत में महत्वपूर्ण उपस्थिति वाली विदेशी कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाना और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने की व्यवस्था की खामियां दूर करना है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

प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है बुन्देलखंड और पूर्वांचल के कई जिलों में लोग गर्मी और उमस की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं

बुन्देलखंड क्षेत्र गर्मी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है झांसी हमीरपुर और उरई सहित अन्य जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है जिसकी वजह से इन स्थानों पर जलस्तर गिरने से पानी का संकट और गहराता जा रहा है लोगों को दूर दराज जगहों से पानी लाना पड़ रहा है

भीषण गर्मी से आम नागरिकों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल नजर आ रहे है जलस्तर गिरने से पेयजल संकट गहरा गया है तेज़ गर्मी से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है दिन में गर्मी और रात में हो रही उमस के चलते लोग उल्टी दस्त डायरिया की वजह से बीमार पड़ रहे हैं मौसम वैज्ञानियों का अनुमान है कि अभी कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं शिवकुमार सेठी आकाशवाणी समाचार हमीरपुर उधर पूर्वांचल के मऊ ज़िले में भी लोग गर्मी से परेशान है यहां तापमान चौवालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है मौसम विभाग ने प्रदेश में तेज गर्मी से कोई राहत न मिलने की संभावना जताई है हालांकि अगले दा दिनों के दौरान कही कही गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का अनुमान भी व्यक्त किया है

यह हादसा आज जिले के बलरई रेलवे स्टेशन पर उस समय हुआ जब अवध एक्सप्रेस को लूप लाइन पर रोक कर कानपुर से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को गुजारा जा रहा था और गर्मी की वजह से अवध एक्सप्रेस के कुछ यात्री ट्रेन से उतर कर नीचे खड़े हो गये थे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्र्घटना पर गहरा दुःख जाहिर किया है और अधिकारियों को घायलों को समुचित उपचार मुहैया कराने का निर्देश दिया है उधर अमरोहा के गजरौला इलाके में गंगा में नहाते समय सात युवक डूब गये इनमें से चार युवकों की मृत्यु हो गई जबकि एक युवक को बचा लिया गया है दो अन्य युवकों की तलाश गोताखोरों द्वारा की जा रही है चित्रकूट जिले की मऊ तहसील के भुसौली गांव में सुबह यमुना नदी में स्नान करने गये तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई वहीं चन्दौली ज़िले के बलुआ क्षेत्र में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई है केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि लोगों में दक्षता पैदा करने के लिये सरकार कौशल विकास सहित कई योजनाएं संचालित कर रही है

उन्होंने कहा कि देश में दक्षतापूर्ण श्रम की कमी है जिसे पूरा करने के लिये सभी प्रभावी क़दम उठाये जाये इस दौरान उन्होंने महिलाओं में कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण हासिल करने के बाद आने वाली समस्याओं का उल्लेख किया इसके जवाब में केन्द्रीय मंत्री ने समस्याओं के प्रभावी निस्तारण का आश्वासन दिया सेमिनार में महिलाओं को केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन और कौशल विकास योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी गई प्रख्यात फिल्म और रंगमंच अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड का आज सुबह बेंगलुरू में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया वह इक्यासी वर्ष के थे

उन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ कालीदास सम्मान पद्मश्री और पद्मभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया गिरीश कर्नाड के निधन पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री सहित कई प्रमुख लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है